निर्वाचन आयोग ने मतदान के लिये सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक का समय निर्धारित किया है दूसरे चरण की जिन आठ सीटों के लिए आज मतदान हुआ है उनमें हाथरस बुलन्दशहर नगीना और आगरा सुरक्षित सीटों के अलावा मथुरा फतेहपुर सीकरी अमरोहा तथा अलीगढ़ शामिल हैं जिन महत्वपूर्ण प्रत्याशियों का भाग्य आज ईवीएम मशीनों में बन्द हुआ उनमें मथ्रा से भाजपा प्रत्याशी हेमामालिनी फतेहपुर सीकरी से कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर और भाजपा प्रत्याशी तथा वर्तमान में प्रदेश सरकार में मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल अमरोहा से पूर्व जेडीएस महासचिव और गठबन्धन प्रत्याशी कॅवर दानिश अली शामिल हैं लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण के लिये नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन रहा बीस अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच की जायेगी और बाईस अप्रैल तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे इस चरण में लखनऊ मोहनलालगंज सीतापुर रायबरेली अमेठी बांदा फतेहप्र बाराबंकी फैजाबाद कौशाम्वी धौरहरा बहराइच कैसरगंज और गोण्डा में छह मई को वोट डाले जायेंगे उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी ब्रह्म देव राम तिवारी ने बताया कि पांचवें चरण के मतदान में कुल दो करोड़ सैंतालीस लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे विभिन्न राजनीतिक दल के नेता चुनावी रैलियां कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सरदार पटेल जैसे नेताओं की लगातार अवहेलना करने पर कांग्रेस पार्टी की कड़ी आलोचना की है आज सौराष्ट्र में अमरेली में जनसभा को संबोधित करते हए श्री मोदी ने कहा कि विश्व की सबसे ऊंची सरदार पटेल प्रतिमा देखने बारह लाख से ज्यादा लोग आ चुके हैं लेकिन कांग्रेस का कोई भी नेता वहां नही पहुंचा है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साया उन्होंने कहा कि राफेल मामले में कोई बच नहीं पाएगा इसकी जांच होगी राहल ने पहली बार सपा बसपा पर भी हमला बोलते हए कहा कि उप्र को इन सभी पार्टियों ने मिलकर काफी बर्बाद किया है राहुल गांधी ने आज आंवला लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी कुंवर सर्वराज सिंह के समर्थन में बदायूं जिले के म्याऊं में एक जनसभा की एक रिपोर्ट हमारे प्रतिनिधि सेः कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी और पार्टी के महासविव ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज बदायूं में रैली को सम्बोधित किया जहां तीसरे चरण में वोट डाले जाएगे रैली में राहल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने नोटबंदी करके देश के गरीबों से पैसा छीन लिया वरिष्ठ भाजपा नेता केशव मौर्या दिनेश शर्मा महेन्द्र नाथ पाण्डे और विनय कटियार के बीच प्रदेश के विभिन्न जिलों में रैलियों और सभायों के कार्यक्रम है इस बीच कई प्रमुख नेताओं ने आज नामांकन दाखिल किया और रोड राो निकाले सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आजमगढ़ से सुल्तानपुर से केन्द्रीय मंत्री श्रीमती मेनका गांधी और लखनऊ से श्रीमती पूनम सिन्हा जौनपुर से अशोक सिंह ने लोकसभा चुनाव के लिए आज अपना अपना नामांकन पत्र दाखिल किया मिर्जाप्र जनपद का वोट प्रतिशत बढ़ाये जाने के लिये मतदाताओं को बढ़ चढ़ कर मतदान में प्रतिभाग करते हये अधिक संख्या में वोट करने के उद्देश्य से आज जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी मिर्जाप्र की अध्यक्षता में बोट फार योट रैली का आयोजन किया गया मतदाताओं को जागरूक करने के लिए दो सौ से अधिक नावों पर सवार होकर मतदान से सम्बंधित अधिकारी एवं कर्मचारियों ने विन्ध्याचल से नारघाट तक गंगा नदी में रैली निकाली सजी धजी नावों में रंग बिरंगे कपड़ो में लोगों को देखने के लिये काफी संख्या में लोग नदी किनारे बोट फार वोट रैली का स्वागत व उत्साहवर्धन करते हुये दिखायी दिये उक्त कार्यक्रम के माध्यम से मतदातओं को अधिक संख्या में वोट करने हेतु जागरूक भी किया गया आज विश्व विरासत दिवस पर सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए गये हैं इस वर्ष का विषय है ग्रामीण परिदृश्य हर वर्ष आज ही के दिन विश्व विरासत दिवस मनाने का उद्देश्य विरासत स्थलों के संरक्षण से जुड़े लोगों विशेषकर वैज्ञानिकों अभिलेखाकारों भूगोलवेत्ताओं और इंजीनियरों को सम्मान देना है इस वर्ष मॉनसून की सामान्य वर्षा होने की आशा है दक्षिण पश्चिम मॉनसून मौसम की वर्षा के बारे में संवाददाताओं को जानकारी देते हए भूविज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉ एमराजीवन ने बताया है कि जून से सितम्बर तक छियान्नबे प्रतिशत अच्छी बारिश होने की आशा है कृषि के लिए यह वर्षा काफी लाभप्रद होगी